केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बारिश से हुए नुकसान के लिये मांगी आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार देशभर में एक लाख डिजीटल गांवों की स्थापना करेगी

कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच शान्तिपूर्ण ढंग से यह चुनाव सम्पन्न हुआ हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया

झाबुआ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और भाजपा के युवा नेता भानु भूरिया के मध्य है कुल पांच प्रत्याशियों की किस्मत इस क्षेत्र में दाव पर लगी है

मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उत्साहवर्धन मतदान के लिये मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि यहां निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी को विजय प्राप्त होगी वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने भी भरोसा जताया कि जीत का सेहरा उनके सिर ही बंधेगा आगामी ग्रूवार को वोटों की गिनती की जायेगी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिये भी आज वोट डाले गये अमित नाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले दिनों अतिवृष्टि से हुए नुकसान के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा श्री नाथ ने केन्द्र सरकार से प्रदेश को जल्द आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की डिजिटल गाँव केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अगले कुछ वर्षों में देश में एक लाख डिजिटल गाँवों की स्थापना करेगी आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय से जुड़े मैती स्टार्ट अप समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने संबंधित हितधारकों से अपील करते हुए कहा कि इन डिजिटल गांवों को अपने अपने तरीके से संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करें ये गांव उद्यमिता को बढ़ावा देने के केंद्र होंगे श्री प्रसाद ने देशभर के सभी उद्यमों और उद्यमशीलता का डिजिटल खाका तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया

आखरी दिन विख्यात नृत्यांगना तनुश्री शंकर और विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार प्रस्तुति देंगे समापन समारोह में पार्श्व गायिका अनुराधा पोडवाल अपने गीत प्रस्तुत करेंगी

इसकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकास की सोच को फलीभूत करना संभव नहीं है

उन अमर शहीदों की स्मृति में यह दिवस देश की समस्त पुलिस इकाईयों द्वारा मनाया जाता है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर ट्वीट संदेश के जरिए पुलिस के शहीद जवानों को नमन किया इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये गये आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर की पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई वहीं कटनी में पुलिस अधीक्षक सभी पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों ने शहीद पुलिस वालों के चित्रों पर पुष्पांजली अर्पित की

मौसम राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में दो दिन से मौसम का मिजाज बदल गया है रुक रुककर कहीं हल्की तो कहीं ब्रंदाबांदी का दौर जारी है बदले मौसम ने रात के साथ ही दिन में सर्दी का अहसास करा दिया है मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के पास ऊपरी हवा का चक्रवात और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना है इस वजह से भोपाल समेत राज्य में मौसम बदला है

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बादल छाने और बारिश की आशंका ने किसानों की चिन्ता बढ़ा दी है

शिविर मे कलेक्टर ने वनाधिकार पट्टों के वितरण में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव पटवारी पीसिओ और राजस्व निरीक्षक की एक एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये है

गुना में आज जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई